छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र से किया अनुरोध सीबीआई को प्रदेश में कोई नया प्रकरण नहीं लेने के निर्देश दिए जाएं छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन में शामिल अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय लेखा जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट प्रधानमंत्री जीएसटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे कारोबारियों के बारे में जीएसटी परिषद के फैसलों से सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्यमों व्यापारियों और सेवा क्षेत्र को काफी फायदा होगा वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए वस्तु और सेवाकर छूट की सीमा दोगुनी कर दी गई है यह सीमा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बीस लाख रुपये और देश के अन्य भागों के लिए चालीस लाख रुपये कर दी गई है परिषद ने जीएसटी कंपोजिशन योजना के तहत डेढ़ करोड़ रूपये तक के कारोबार करने वाले व्यवसायियों को लाने का निर्णय किया है

इस संबंध में गृह विभाग की ओर से एक पत्र केन्द्रीय कार्मिक जनशिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने वर्ष दो हजार एक में इस बारे में केन्द्र को दी गई अपनी सहमति वापस ले ली है इसके तहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रकरणों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधिवत तौर पर भारत सरकार में गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई के लिए कहा है इसलिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सीबीआई से संबंधित पत्र भेजा गया है श्री बघेल ने यह भी कहा कि किसी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश होंगे तब ही सीबीआई जांच को मानना बंधनकारी होगा आयोग मंडल भारसाधक मंत्री राज्य के समस्त आयोगों निगमों मण्डलों प्राधिकरणों समितियों परिषदों और अन्य संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष संबंधित विभागों के सचिव के स्थान पर अब भारसाधक मंत्री होंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा पिछले दिनों आदेश जारी कर सभी निगम मण्डलों प्राधिकरणों में पूर्व के मनोनयन को निरस्त करते हुए संबंधित विभाग के भारसाधक सचिव को अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था मुख्यमंत्री न्यूरोसर्जन सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है जिससे प्रदेश के दूर दराज इलाकों के लोगों को बेतहर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें मुख्यमंत्री श्री बघेल आज रायपुर में न्यूरोसर्जनों के चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल ट्रांसफोर्मिनल इंडोस्कोपिक लंबर स्पाइन सर्जिकल कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ ही चिकित्सक और छात्र भी उपस्थित थे संविदा नियुक्ति नियम प्रदेश में अब संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज का आंकलन पन्द्रह दिनों में किया जाएगा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत जिन संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है उनकी नियुक्ति की सेवा शर्तों के अनुसार पूर्व सूचना और वेतन भुगतान कर सेवाएं समाप्त की जाए साथ ही जिन संविदा अधिकारी और कर्मचारियों की सेवाओं की जरूरत है भविष्य में उन पदों पर नई नियुक्ति और पदोन्नति करने का आदेश दिया गया है आंगनबाड़ी सुविधा महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए और भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं रायपुर में आयोजित विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में श्रीमर्ती भेंड़िया ने आंगनबाड़ी भवनों में शौचालय बिजली और पानी की व्यवस्था सहित प्रक पोषण आहार के संबंध में जानकारी ली श्रीमती मेंडिया ने अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी भवनों में छोटे बच्चे गर्भवती और शिशुवती महिलाएं आती हैं इनके पोषण स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ ही महिलाओं को गर्म और ताजा भोजन और बच्चों को मीठा सुगंधित दूध उपलब्ध कराया जाए

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब तक जिन प्रत्याशियों ने अपने निर्वाचन के व्यय लेखे आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं उन्हें नोटिस जारी कर कारण पूछा जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार व्यय लेखा निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं करने पर प्रत्याशी को तीन साल तक निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि मतगणना के तीस दिन के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय का ब्यौरा आयोग को दाखिल करना जरूर होता है अभ्यर्थी अपना लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करता है नियमानुसार ग्यारह दिसंबर को मतगणना के दिन से दस जनवरी तक निर्याचन व्यय ब्यौरा जमा करने का अंतिम दिन था कांग्रेस भाजपा चुनाव समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस की विभिन्न कमेटियों का गठन किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है इस समिति में मोतीलाल वोरा और टीएस सिंहदेव सहित ग्यारह सदस्य शामिल हैं इसी तरह श्री बघेल को चुनाव प्रचार समिति का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वहीं प्रचार समिति में ताम्रध्वज साहू सहित पैंतीस सदस्य रहेंगे चुनाव समन्वय समिति में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मोतीलाल वोरा सहित बीस सदस्यों को शामिल किया गया है जबकि चुनाव प्रचार समिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल सहित चौदह सदस्य होंगे इसके अलावा मीडिया समन्वय समिति में शैलेष नितिन त्रिवेदी सहित तेईस सदस्यों को शामिल किया गया है इधर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है राष्ट्रीय युवा दिवस महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कल मनाई जाएगी इस मौके पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत की उन महान विभूतियों में से थे जिन्होंने देश और दुनिया को मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया स्वामी जी ने अपने बाल्यकाल का कुछ समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बिताया श्री बघेल ने लोगों से स्वामीजी को विचारों को अपनाने का आव्हान किया बर्ड फ्लू अलर्ट पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर इससे संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को बर्ड फ्लू बीमारी से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है स्वास्थ्य संचालक आर प्रसन्ना ने बताया है कि पक्षियों पालतू और गैर पालतू पोल्ट्री फॉर्म की मुर्गियों में उच्च रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा ए एच फाईव एन वन नामक वायरस के संक्रमण से मनुष्यों में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका होती है ऐसे में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पश्च चिकित्सा अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पक्षियों के आकस्मिक मौतों की जानकारी प्राप्त करें पक्षियों में असामान्य व्यवहार दिखाई देने पर स्वास्थ्य संचालनालय को सुचित करें इस संबंध में पोल्ट्री फार्म में कार्यरत कर्मचारियों को मास्क और हैंण्डग्लब का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है साथ ही मुर्गियों की मौत के बाद उन्हें दफनाने के निर्देश दिए गए हैं आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छक लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्प्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का ब्नियादी ज्ञान होना वांछनीय है

इस दौरान केन्द्रीय मंत्री रायपुर और भिलाई में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमो में शामिल होंगे